राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर बीस हजार तीन सौ उनासी पहंच गयी है वहीं राज्य में स्वस्थ होने वाले संक्रमितों की संख्या भी बढकर बारह हजार पांच सौ से अधिक हो गयी है बोकारो जिले में आज कोरोना संक्रमित पैतीस नये मामले मिले है जबकि बोकारो जनरल अस्पताल जिला कोविड केयर सेंटर और अन्य जगहों से सताईस लोग स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटे पाकुड़ जिले में भी आज छह नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हजारीबाग में भी आज सात नए संक्रमित मरीज मिलने पर उनसभी को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केन्द्र सरकार राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को दवाएं तथा अन्य उपकरण मुफ्त उपलब्ध करा रही है शुरू में दी गई इनमें से अधिकांश वस्तुएं दूसरे देशों से मंगवाई गई थी लेकिन केन्द्रीय स्वास्थ्य कपड़ा मंत्रालय औषध विभाग रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और उद्योगों के संयुक्त प्रयास से अब इन वस्तुओं का स्वदेश में ही उत्पादन शुरू हो गया

एक रिपोर्ट संघ लोक सेवा आयोग ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि इस वर्ष सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले आवेदकों की कोविड की जांच की जाएगी खबरों में कहा गया था कि कोरोना नेगेटिव पाए जाने वाले आवेदकों को ही परीक्षा में बैठने दिया जाएगा संघ लोक सेवा आयोग ने इन खबरों को फर्जी करार दिया है और कहा है कि ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया आवेदकों से ऐसी खबरों पर विश्वास न करने को कहा गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली पारदर्शी कर प्रणाली के प्लेटफॉर्म का वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उदघाटन किया उन्होंने कहा कि इससे भारतीय कर प्रणाली में सुधार करने और इसे सरल बनाने के प्रयासों को बल मिलेगा

राज्य के कृषि मंत्री बादल ने रांची जिले के नगड़ी प्रखंड के नारो बाजार से इसका शुभारंभ किया कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए नयी कृषि नीति और कृषि निर्यात नीति समेत विभिन्न पहलुओं पर कार्य योजना बना रही है इस मौके पर बाजार समिति के विपणन सचिव अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में आज यह पहला मौका है जब खेत से सीधे दुबई तक सब्जी भेजने का व्यापार शुरू हो रहा है उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दुबई के अलावा कई अन्य देशों तक झारखंड की सब्जियों को पहंचाने का लक्ष्य रखा गया है

ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को शामिल करते हुए ऐसी पद्धति तैयार की है जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में लोगों के विचार एकत्र किये जा सकेंगे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विमाग के सचिव प्रोफेसर आश्तोष शर्मा ने बताया कि विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति तैयार करने में समाज के निचले स्तर से अंतरदृष्टि हासिल करने से विशेष लाभ पहंचेगा

पश्चिम सिंहभूम जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने दो शिक्षा पदाधिकारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया

इधर एसीबी की टीम ने सिमडेगा अंचल कार्यालय से भी आज एक हल्का कर्मचारी को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ़तार किया है गुमला जिले के विशुनपुर थाना अंतर्गत परसापानी जंगल में आज सुबह पुलिस और माओवादियों के रविन्द्र गंझू दस्ते के बीच मुठभेड़ हुई नक्सलियों की संख्या पंद्रह के करीब थी

केंद्र सरकार ने जनजातीय समाज के सशक्तीकरण के लिए आरंभ की गयी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी देने और निगरानी के लिए एक पोर्टल जनजातीय लोगों का सशक्तीकरण भारत में बड़ा बदलाव लॉन्च किया है जिसमें सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यक्रमों के अद्यतन और वास्तविक विवरण प्रदर्शित किये गये हैं नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने पोर्टल डैशबोर्ड का उद्घाटन किया यह पोर्टल योजनाओं कार्यक्रमों और पहलों के क्रियान्वयन का एक प्रभावी मंच है इस पर जनजातीय मंत्रालय की पांच छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रदर्शन की जानकारी मिलेगी

विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस को फेसबुक लाइव और गुगल मीट के जरिए ऑनलाइन प्रसारित किया गया और लोगों ने स्थापना दिवस का सीधा प्रसारण देखा स्थापना दिवस के मौके पर कोल्हान विश्वविद्यालय की उपलब्धियों के अलावा भविष्य की चुनौतियों पर भी चर्चा की गई कुलपति गंगाधर पंडा ने कहा कि विश्वविद्यालय आज अपनी कमियों की समीक्षा कर रहा है और आने वाले दिनों में होने वाली नैक की समीक्षा में खरा उतरने का प्रयास करेगा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बिना बैटरी के भी इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण और बिक्री की अनुमति दे दी है सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के परिवहन सचिवों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसी के प्रमाण पत्र के आधार पर बिना बैटरी वाले वाहनों की बिक्री और उनका पंजीकरण किया जा सकता है

स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर राजधानी रांची समेत सभी जिलों में आवष्यक तैयारियां पूरी की जा रही है

जिसके मद्देनजर समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उपायुक्त की अगुवाई में आज फूल इेस रिहर्सल किया गया इधर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा भी आज जमषेदपुर के गोपाल मैदान में फाइनल रिहर्सल किया गया